श्री कोविंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करेंगें खेल मंत्री किरेन रिजीजू भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र ध्यव बत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल होंगे

प्रदेश खेल पुरस्कार प्रदेश के खिलाड़ियों प्रशिक्षकों और खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है

एकलव्य पुरस्कार भिण्ड के केनोइंग कयाकिंग खिलाड़ी अजातशत्र शर्मा देवास के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आदित्य दुबे खरगौन के शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भोपाल की कराते खिलाड़ी कु गार्गी सिंह परिहार जबलपुर की वूशु में कु अंशिता पाण्डे इंदौर के परम पदम् बिरथरे को तैराकी भोपाल के शंकर पाण्डेय को फैंसिंग उज्जैन के अक्षत जोशी को घुड़सवारी इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले को टेबल टेनिस धार के प्रियांश् राजावत को बैडमिंटन और राजगढ़ के गोविन्द बैरागी को सेलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा

इंदौर के अभिलाष एमटी को तैराकीं और भोपाल के गिरधारी लाल यादव को सैलिंग तथा दलीय खेल में इंदौर के शरद जपे को खो खो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है कोरोना महामारी के कारण फिलहाल अलंकरण समारोह की तिथि घोषित नहीं की गई है स्थितियां अनुकूल होने के बाद अलंकरण समारोह की तिथि तय की जाएगी विश्वविद्यालय परीक्षा प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तैयारी पहले से ही चल रही है

झांसी में स्थित यह विश्वविद्यालय ब्रंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है

वहां कृषि बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाती है अभी विश्वविद्यालय को मुख्य भवन तैयार हो रहा है इसलिए इसे झांसी के भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान से संचालित किया जा रहा है आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगें सीएम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज भोपाल संभाग के तीन जिलों सीहोर रायसेन और विदिशा में फसलों की स्थिति का जायजा लेने जाने का कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से तीनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों और अधिकारियों से चर्चा करेंगे श्री चौहान कल देवास जिले की खातेगांव तहसील में सोयाबीन फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया था इस दौरान खातेगांव क्रषि उपज मण्डी परिसर में किसानों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन फसल में हुए नुकसान की भरपाई फसल बीमा एवं राहत राशि मिलाकर की जाएगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने मन की बात साझा करेंगे

मौसम राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों के साथ ही पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कल से ही तेज बारिष का दौर जारी है इससे नदी और नाले उफान पर हैं कई पुल पुलियाओं के उपर पानी आने से सड़कों को बंद कर दिया गया है

प्रशासन ने निचली बस्तियो में अलर्ट जारी कर दिया है छिन्दवाडा जिले में पिछले दिनों से बारिश का दौर जारी है जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिले गुजरने बाले राष्ट्रीय राजमार्ग नरसिंहपुर पेंच नदी के उफान के चलते बंद है इसी तरह छिंदवाडा से नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल जाम लगा रहा बाढ़ के कारण कई गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है माचागोरा डैम के सभी आठ गेट खोलने पड़े हैं

सागर जिले में भारी बारिश से बीना बावना नदी उफान पर है जबलपुर सागर षहडोल रीवा भोपाल होषंगाबाद सम्भागों में पिछले चौबीस घंटे में अधिकांष स्थानों पर तेज बारिष हई है मौसम विभाग ने आज नरसिंहपुर छिंदवाडा सिवनी बालाघाट और बैतूल जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी है

उन्होंने लोकसेवा केन्द्र में वॉटसअप के जरिए आवेदन स्वीकृत करने की भी शुरूआत की है